हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल प्रदे में दस नये कन्या महाविद्यालयों का शिलान्यास करेंगे

देश में इस महामारी के शुरू होने होने के एक दिन में इतने लोगों के स्वस्थ्य होने का समाचार पहली बार मिला है

अभी तक देश में कोरोना से पीड़ित पांच लाख सतसठ हजार सात सौ तीस लोग उपचाराधीन है

यहां के उप सिविल सर्जन डा बेला शर्मा ने बताया कि कोविड से एक महिला की आज मौत भी हई है

भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा जितेन्द्र कादियान ने बताया कि आज जिले मे कोरोना के सात मरीज ठीक हुये तथा एक भी नया मामला सामने नहीं आया है

उन्होंने टवीट कर ये जानकारी देते हये बताया कि यो ग़्रूग्राम के एक अस्पताल में भर्ती है श्री शाह ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक है लेकिन यो डाक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुये है उन्होंने पिछले दिनों अपने सम्पर्क में आये लोगों से अनुरोध किया कि वो एकांतवास में चले जायें मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पलवल जिले में किसानों को बागवानी फसल के लिए आठ हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है ये उन किसानों को मिलेगा जो धान की फसल लगाना छोड़कर बागवानी को अपनायेंगे जिला बागवानी अधिकारी डॉ अब्दुल रज्जाक ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए शुरू की गई है और किसानों को बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है इससे बुवाई और सिंचाई में पानी का प्रयोग कम होगा और उसकी बचत होगी पलवल जिले में होडल विधायक जगदीष नायर ने खेल स्टेडियम बंचारी में पौधारोपण अभियान के तहत नीम पीपल और जामुन के पौधे लगाये विधायक ने कहा कि पौधो को हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते है श्री नायर ने कहा कि पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखते हुये प्रत्येक को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए व पेड़ बनने तक उसकी देखभाल भी करनी चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाले कल रक्षा बंधन के अवसर पर दस नये कन्या विद्यालयों का शिलान्यास करेंगे ये कार्यक्रम पंचकूला से आयोजित किया जायेगा जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता व शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी शामिल होंगें इसके साथ ही प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर साढ़े तीन सौ हो जायेगी

हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा है कि राज्य सरकार ने रक्षा बंधन पर्व से ठीक पहले हिसार के अग्रोहा में महिला कालेज खोलने की मंजूरी देकर क्षेत्र की बेटियों को नायाब तोहफा दिया है श्री धानक ने इस अवसर पर क्षेत्र वासियों को बधाई देते हुये कहा कि इससे इलाके की वर्षो पुरानी मांग पूरी हई है

ये जानकारी देते हुये सिरसा के उपायुक्त ने बताया कि गांव गोरीवाला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वृक्ष बंधन कार्यक्रम की भी शुरूआत करेंगे

कल पूरे देश सहित हरियाणा में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जायेगा

प्रदेश में मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासिों को बधाई व शुभकामनायें दी है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी शुभकामनें देते हुये कहा कि ये पर्व भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है और हमारी परंपराओं में महिलाओं के सर्वोच्च स्थान को दर्शाता है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनायें देते हये कहा है कि ये पर्व स्वस्थ पारिवारिक एकता का प्रतीक है

हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व को ध्यान रखते हुये यात्रियों की मांग के अनुसार प्रदेश में पर्याप्त बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है ताकि किसी असुविधा न हो

रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को आवागमन में दिक्कत न हो इसके लिए सभी डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश दिये गये है कि लोगों की मांग के अनुसार पर्याप्त संख्या में बसे चलायी जायें

उन्होंने कहा कि कई बार किसानों की जानकारी के बिना कुछ व्यक्ति जमीन का गलत डाटा पोर्टल पर उपलोड कर देते है

दिल्ली के सफदरजग अस्पताल के स्वास रोग दवाईयों के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ नीरज ग्रप्ता इस परिचर्चा में भाग लेगी